सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और अट्ठारह वर्ष से अधिक आय के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाए अट्ठारह से चौवालीस वर्ष की आय वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विशेषज्ञों के साथ देश में कोविड महामारी और टीकाकरण संबंधी मृद्दों की समीक्षा की बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता कोविड संबंधी दवाईयों मानव संसाधन की स्थिति और स्थिति में सुधार के तरीकों पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति पर नजर रखने और मृद्दों के समाधान के लिए लगभग प्रत्येक दिन बैठक कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के बढते रोगियों के कारण देश में क्ल मामलों की संख्या लगातार बढ रही है एक दिन में तीन लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो रहे हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन लाख सात हजार से अधिक लोग ठीक हुए हैं अब तक देश में एक करोड़ उन्सठ लाख से अधिक लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं नए मामलों की बढ़ती संख्या के कारण ठीक होने वालों की दर और गिरकर इक्यासी दशलमव सात सात प्रतिशत पर आ गई है मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस समय देश में तैंतीस लाख उन्वास हजार से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन लाख बानबे हजार से अधिक लोगों में संक्रमण की प्ष्टि हई है देशभर में कोविड के मामलों में बढोतरी के बीच प्रदेश से अच्छी खबर मिली है जहां कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है राज्य में पिछले एक दिन में स्वस्थ लोगों की संख्या नए संक्रमित व्यक्तियों की संख्या से अधिक है राज्य में कल अडतीस हजार से अधिक मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छट्टी दे दी गई जबकि तीस हजार नए मामले सामने आए यह सफलता इस तथ्य के बावजूद हासिल हुई है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोविड परीक्षणों की संख्या में महत्वपूर्ण बढोतरी की गई थी कल करीब दो लाख छियासी हजार कोविड जांच की गई देश में अब तक पन्द्रह करोड अड़सठ लाख से अघिक कोविड टीके लगाए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में अट्ठारह लाख छब्बीस हजार से अधिक टीके लगाए गए देश में विश्व के सबसे बडे कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में कल अटठारह से चौवालीस वर्ष के लोगों को छियासी हजार तेईस टीके लगाए गए रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज हरियाणा तेलंगाना उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में दो सौ पचास टन ऑक्सीजन लेकर पहंच रही हैं विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन पहंचाने की गति तेज करते हए भारतीय रेलवे ने देशभर में विभिन्न राज्यों को छप्पन टैंकरों के जरिए आठ सौ तेरह टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहचाई है एक सौ चौहत्तर टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र को तीन सौ छष्पन टन उत्तरप्रदेश को एक सौ चौंतीस टन मध्यप्रदेश को एक सौ सात टन हरियाणा को और सत्तर टन ऑक्सीजन दिल्ली में पहुंचाई गई है एक सौ बीस टन ऑक्सीजन के साथ दुसरी एक्सप्रेस गाडी आज शाम दिल्ली पहंचेगी प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना का कार्य शान्तिपूर्ण तरीके से आज प्रातः आठ बजे से शुरू हो गया मतगणना का कार्य अभी जारी है कई जिलों में दो दो तीन तीन राउण्ड की मतगणना हो चुकी है कही कही से परिणाम भी प्राप्त हो गये हैं मतगणना के परिणाम आने के पश्चात सभी जगहों पर विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा और किसी को भी जुलूस निकालने की कतई अनुमति नहीं होगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस वर्ष दसवी की बोर्ड परीक्षा के परिणाम बीस जून को घोषित करेगा बोर्ड ने एक दस्तावेज जारी कर स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक किस प्रकार और किस आघार पर देंगे बोर्ड ने एक आधिकारिक मेल में कहा है कि सभी विद्यालय निर्वारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर अंक पांच जून तक सौंप देंगे इसी के आधार पर बोर्ड बीस जून को अंतिम परिणाम की घोषणा करेगा सीबीएसई ने इस वर्ष की दसवीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए करदाताओं के लिए कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी है